मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छिंदवाड़ा और इन्दौर में चुनावी सभा को संबोधित किया

इन सभाओं में मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि प्रदेश में उनका नेता कौन है इस बारे में स्पष्टता नहीं है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज सिंगरौली और उमरिया में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस से राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनन्द शर्मा ने भी आज भोपाल में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित किया उघर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अशोकनगर जिले में कई आमसभाओं को संबोधित किया इसके अलावा श्री चौहान ने शिवपुरी जिले में भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभाएं की वहीं कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुरैना में अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आमसभा की

उन्होंने नई दिल्ली में आज क्रिया विश्वविद्यालय का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नवाचार का केन्द्र बनना चाहिए और असंतोष हताशा और भेदभाव पैदा होने का स्थान इन्हें कतई नहीं बनने देना चाहिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को ज्ञान स्थल सकारात्मक विचारों की भूमि और बुद्धि तथा जानकारी का सुरक्षित केन्द्र होना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के मानकों से बहत पीछे है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में आज प्रचार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महासमुद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आमसभा को संबोधित किया इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और स्मृति इरानी तथा भाजपा शासित राज्यों उत्तरप्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने जहां आमसभाएं ली वहीं उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं ने भी आज जनसभाओं को संबोधित किया

नरसिहपुर जिले में इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वहीं स्वीप प्लान के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में लगातार विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां चलायी जा रही हैं इसके तहत रैली और रंगोली मतदाता पाठशाला द्वारा मतदान करने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है सिवनीमालवा में भी नगर पालिका के कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के सहयोग से एक रैली निकाली गई रैली के माध्यम से हर मतदाता के घर पहुंचकर मतदान करने की अपील की गयी वहीं खंडवा जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है इस क्रम में जिले के ग्राम हेदरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणजनों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छैगांवमाखन में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई उधर शहडोल में पिंक स्वीप के तहत आज महिलाओं की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर सभी महिलाओं से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि महिलायें अपने मताधिकार को समझे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये मतदान जरुर करें अनूपपुर जिले में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

साथ ही मतदाताओं को जागरुक करने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू द्यूब द्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं कौमी एकता देशभर में साम्प्रदायिक सौहार्द राष्ट्रीय भावना और एकता तथा मिली जुली संस्कृति को बढावा देने के लिए कल से कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा

सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा और धर्मनिरपेक्षता को बढावा देने तथा सम्प्रदायवाद विरोध और अहिंसा जैसे मुद्दों पर बैठकें और गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी

इस अवसर पर देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को दूसरे हिस्सों की भाषाई विरासत की जानकारी देने के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा

इसके अलावा सांस्कृतिक एकता दिवस भी इस दौरान मनाया जाएगा और विविधता में भारतीय परंपराओं की एकता दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस पूरे सप्ताह का अंतिम दिन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा इसमें पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मक्का उत्पादन प्रदेश का छिदवाड़ा जिला मक्का फसल के उत्पादन में देश के अग्रणी जिलों में शामिल है जिले में मक्के की बढ़ती आवक को देखते हुए तीन नये केन्द्र खोले गये है

इस प्रशिक्षण में मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है कल भी ये प्रशिक्षण जारी रहेगा प्रशिक्षण के साथ ही कर्मचारियों को डाक मतपत्र का भी वितरण किया जा रहा है